प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में तैयार की गई दो कोरोना वैक्सीन एक बड़ी उपलब्धी है और इसके लिए वैज्ञानिक व डॉक्टर बधाई के पात्र हैं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी वीडियो कांफेंस में भाग लिया बर्डफ ल मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने बर्डफ्लू को फैलने से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने पर बल दिया है शिमला में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा उपायों को अपनाने के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सूचना शिक्षा व संचार पर जोर दिया जाना चांहिए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों को लाने पर एक सप्ताह के लिए प्रतिबंद लगाया गया है

उन्होंने अधिकारियों को जलाशयों के आसपास पक्षियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं एनडीआरएफ मंडी जिले के बल्ह में एनडीआरएफ बटालियन मुख्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित व हस्तांतरित करने संबंधी सभी औपचारिकताओं में तेजी लाई जाएगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आज शिमला में एनडीआरएफ के कमांडेट बलजिंद सिंह और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने राजस्व व वन विभाग को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने और एफसीए स्वीकृति जल्द प्राप्त करने के निर्देश दिए

अन्राग ठाकुर केंद्रीय वित्त कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने शहरी निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए जनता का आभार जताया है उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत का श्रेय पार्टी की विकासवादी नीतियों को जाता है अनुराग ठाकूर ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विकास कार्यों में जनंता के भरोसे की जीत है

राठौर इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने नगर निकाय चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया है उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस चुनाव में अनेक निर्दलियों को मिला समर्थन भाजपा के खिलाफ है राठौर ने कहा कि शिमला कांगड़ा मंडी कुल्लू चंबा और सोलन जिलों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इन चुनावों में भाजपा पर सरकारी मशनीरी के दुरूपयोग का आरोप भी लगाया

संस्थान के निदेशक ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक वर्चअल माध्यम से समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे जबकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकर भी इसमें हिस्सा लेंगे